कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने टीकाकरण कराने वाले नागरिकों को सलाह दी की यदि उन्हें बुखार है तो वह वैक्सीन न लगवाये श्री योगी आज मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर थे कोविड संक्रमण से मुक्त होने के कोरोना की दूसरी लहर के बीच मुख्यमंत्री का यह लखनऊ के बाहर का पहला दौरा था उन्होंने दोनों जिलों में कोविड रोगियों के उपचार की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेन्टर का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद के मनोहरपुर गाव में निगरानी समितियों और आरआरटी द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षण व टेस्टिंग के कार्यो का औचक निरीक्षण किया इसके बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में भी इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेन्टर का निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि राज्य में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये निरन्तर जांच की प्रक्रिया चलाई जा रही है गांवों में भी निगरानी समितियों द्वारा लोगों के घर घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है

मुख्यमंत्री पहले मुरादाबाद पहुंचे जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की श्री योगी ने मुरादाबाद मंडल में आठ नये ऑक्सीजन प्लांट लगाये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है

श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार गांवों में भी बडी संख्या में निगरानी समितियों द्वारा जांच की जा रही है

इन लोगों को कोरोना किट वितरित वितरित की गई है और गंभीर लक्षण वाले रोगियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में रोगियों को भर्ती करने के वास्ते राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है

किसी भी रोगी का इलाज करने से इंकार नहीं किया जाएगा इसमें दवाई ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक इलाज भी शामिल हैं ये दिशा निर्देश दूसरे शहर के मरीजों के लिए भी होंगे किसी भी रोगी को वैध पहचान पत्र के अभाव में भर्ती करने से इंकार नहीं किया जाएगा और न इस आधार पर मना किया जाएगा कि वह अन्य शहर का निवासी है अस्पताल में भर्ती पूरी तरह से आवश्यकता पर आधारित होगी कोविड महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने आयकर कानून के प्रावधानों में छूट दी है अब सभी अस्पतालों नर्सिंग होम औषधालयों और कोविड देखभाल केन्द्रों को रोगियों से दो लाख रूपये तक नकद लेने की अनुमति हागी रोगी और नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई और अधिक बढ़ाये जाने के लिये व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है

मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से गृह विभाग में बने एक विशेष कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी की जा रही है

यह जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी उन्होंने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य जोरशोर से चल रहा है

उन्होंने कहा कि आगामी सोमवार से टीकाकरण केन्द्र पर बिना पूर्व पंजीकरण के किसी का भी टीकाकरण नहीं किया जायेगा यह फैसला कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कराने के लिये किया गया है कोविशील्ड वैक्सीन का एक बड़ा कंसाइनमेंट आज लखनऊ पहुंचा इस कंसाइनमेंट में साढ़े तीन लाख डोज है प्रदश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह कंसाइनमेंट मुंबई से लाया गया है वैक्सीन की इस खेप को एयर इंडिया की उड़ान के जरिये लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अतंर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया प्रदेश सरकार के इस कदम से कोरोना टीकाकरण के कार्य में और तेजी आयेगी राज्य में गेहूँ क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूँ खरीदे जाने का काम जारी है

यह खरीद इसी समय सीमा तक पिछली बार खरीद गये गेहूँ से दोगुनी है

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है

देशभर में टोल फ्री नंबरों से काउंसलिंग देने की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर बोर्ड ने घर में सुरक्षित वातावरण में विद्यार्थियों और अभिभावकों की कठिनाइयां दूर करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए यह ऐप तैयार किया है

विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक और दोपहर डेढ बजे से शाम पांच बजे तक दो स्लॉट बनाए गए हैं मास्को ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रवीन्द्र पाल सिंह का आज निधन हो गया वह लखनऊ के विवेकानन्द अस्पताल में भर्ती थे श्री पाल लखनऊ के एकमात्र हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने दो ओलम्पिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविंदर पाल सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई बदायूं सीतापुर और गौतमबुद्ध नगर में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है

समाप्त